प्रदेशभर में ईद उल अज़हा पर्व परम्परागत श्रद्धाभाव से मनाया जा रहा है चम्बल नदी का जलस्तर खतरे के निशान के आस पास पहुंचा किनारे बसे गावों में हाई अलर्ट जारी

भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन पाकिस्तान की ओर से स्थगित हो जाने के बाद भारतीय रेलवे ने भी इसकी सेवाएं रद्द कर दी हैं यह रेलगाड़ी रविवार को दिल्ली से चलती थी और अटारी पहुंचती थी पाकिस्तान में यह रेलगाड़ी लाहौर और अटारी के बीच चला करती थी

इन यात्रियों के सामान की तलाशी के दौरान इनके पास निर्धारित मात्रा से अधिक मूल्य की वस्तुएं बरामद हुई थी

प्रदेशभर के मुस्लिम समुदाय के लोग पारम्परिक श्रद्धा के साथ इस पर्व को मना रहे है इस मौके पर ईदगाहों और मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की जा रही है नमाज के बाद घर घर में खुदा की राह में बकरों की कुर्बानी की रस्म अदा की जायेगी प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में हर वर्ष की तरह इस बार भी इस मौके पर जन्नति दरवाजा खोला गया है ईद को देखते हुए कल देर रात तक बाजार खुले रहे और लोगों ने आवश्यक वस्तुओं के साथ बकरों की खरीद फरोख्त की प्रदेश के विभिन्न जिलों से भी ईद का पर्व मनाये जाने की खबर है ईद के पर्व को देखते हुए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह चाक चौबन्द है विशेष नमाज में बडी संख्या में लोगों के एकत्र होने को देखते हुए यातायात के भी विशेष प्रबन्ध किये गये है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों को ईद उल अजहा की श्रभकामनाएं दी है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी प्रदेशवासियों को ईद के मौके पर शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि यह पर्व इन्सान में मौजूद समर्पण की भावना को सामने लाता है पुलिस उपायुक्त यातायात राहल प्रकाश ने एक संदेश के माध्यम से लोगों को ईद की मुबारकबाद देते हुए उनसे यातायात नियमों के पालन की अपील की है

गृहमंत्री कल चेन्नई में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू पर एक प्रस्तक के विमोचन कार्यक्रम में बोल रहे थे इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अब हालात सामान्य है उन्होंने कहा कि इससे वहां ख्शहाली और अमन का माहौल बनेगा इस बीच जम्मू कश्मीर में प्रतिबंधों में ढील के दौरान बडी संख्या में लोग ईद की खरीदारी करते देखें गए

केन्द्र सरकार ने उच्च शिक्षा प्रणाली में बदलाव के लिए नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया है प्रस्तावित नई शिक्षा नीति का लक्ष्य देश में स्कूली शिक्षा उच्च शिक्षा शिक्षकों के प्रशिक्षण जैसे क्षेत्रों में बदलाव लाने के साथ साथ एक राष्ट्रीय शिक्षा आयोग गठित करना है सरकार ने बजट में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए चार सौ करोड़ रुपये आवंटित किये है बड़े स्तर पर ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की शुरुआत से वंचित तबके के छात्रों में डिजिटल डिवॉइड को कम करने में मदद मिल रही है इसके अलावा सरकार खेलों को हर स्तर पर बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड की स्थापना भी करेगी आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है

नेहरू युवा केन्द्र संगठन के राज्य निदेशक डॉ भूवनेश जैन ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इन शिविरों के माध्यम से जल स्त्रोतों के संरक्षण का कार्य किया जायेगा

उन्होने बताया कि इन सभी शिविरों का समापन स्वतंत्रता दिवस के दिन किया जायेगा भारतीय रेलवे ने आने वाले एक सौ दिनों में अपने माल गौदामों में हरित पट्टिका विकसित करने की योजना बनाई है

अब इस बाघ को रणथम्भौर के वन क्षेत्र में छोडा जायेगा गौरतलब है कि पिछले दिनों इस बाघ ने करौली के दूर्गसीघटा के एक चरवाहे पर हमला कर उसे मार दिया था इसे लेकर करौली शहर और आस पास के क्षेत्रों के निवासियों में भय व्याप्त है धौलपुर जिले में कल से चम्बल का जलस्तर एक बार फिर से बढने लगा है चम्बल नदी खतरे के निशान से डेढ मीटर दूर रह गई है

गामीणों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दे दी गई है

इस जीत के साथ ही भारत ने श्रखंला में एक शून्य की बढत हासिल कर ली है